सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से कोविड संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने जिम स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर और आउटडोर स्टेडियम सोलह मई तक बंद करने के निर्देश दिये हैं कला संस्कृति और खेल विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं कोविड उन्नीस की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के अंतर्गत सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों स्थलों और संग्रहालयों को तुरंत बंद करने का निर्णय लिया है संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि ये स्मारक पन्द्रह मई तक बंद रहेंगे विश्व विरासत सूची में शामिल नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड उन्नीस प्रबंधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को अपने अस्पतालों के बिस्तर कोविड मरीजों के इलाज के लिए देने को कहा है ऐसे अस्पतालों और विशेष ब्लॉकों का विवरण लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मंत्रालयों को लिखे पत्र में दोहराया है कि देश भर में कोविड संक्रमण में अचानक वृद्धि की स्थिति में पिछले साल की तरह कार्रवाई करने की जरूरत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इन समर्पित अस्पतालों या ब्लॉकों में कोविड उन्नीस की पुष्टि वाले मामलों के लिए विशेष देखभाल सहित उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए इन अस्पतालों में समर्पित स्वास्थ्य कार्य बल तैनात रहना चाहिए इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति युक्त बिस्तर आईसीयू बेड वेंटिलेटर और विशेष क्रिटिकल केयर यूनिट प्रयोगशाला सेवाएं इमेजिंग सेवाएं रसोई और कपड़े धोने के साथ साथ सभी सहायक सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में कल होने वाली कोरोना से संबंधित सर्वदलीय बैठक को लेकर चर्चा की गयी इसके अलावा अस्पतालों में कोविड संक्रमितों के इलाज की सुविधा और ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी चर्चा की गयी मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति को देखते हुए क्या अतिरिक्त उपाय किये जाने हैं इसपर निर्णय अठारह अप्रैल को लिया जायेगा

पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के रिकॉर्ड छह हजार एक सौ तैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो हजार एक सौ पांच नये मरीजों की पुष्टि पटना जिले से हुई है वहीं भागलपुर में छह सौ एक गया में चार सौ इकतीस मुजफ्फरपुर में दो सौ पैंसठ बेगूसराय में एक सौ चौहत्तर मरीज पॉजिटिव मिले हैं औरंगाबाद में एक सौ पैंसठ पश्चिमी चंपारण में एक सौ तैंतालीस और सहरसा में एक सौ बारह नये मामलों की पहचान हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर उनतीस हजार अठहत्तर हो गई है स्वस्थ होने की दर भी घटकर नवासी दशमलव सात नौ प्रतिशत पर आ गई है अब तक दो लाख सत्तर हजार पांच सौ पचास लोग उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं इस महामारी से राज्य में अब तक एक हज़ार छह सौ पचहत्तर लोगों की मौत हुई है प्रदेश में अब तक छप्पन लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इनमें उनचास लाख बारह हजार तीन सौ चौदह लोगों को टीके की पहली खुराक दी गयी है जबकि छह लाख तिरानवे हजार से अधिक पात्र लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधान सभा सचिवालय को कल से पच्चीस अप्रैल तक बंद कर दिया गया है अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस अवधि के दौरान पूर्व से निर्धारित अति महत्वपूर्ण कार्यों का ही निष्पादन किया जायेगा उन्होंने बताया कि विधान सभा सचिवालय की सभी शाखाओं को सेनेटाइज कराया जा रहा है गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में सचिवालय के चौवालीस अधिकारी और कर्मचारी कोविड संक्रमित पाये गये थे इधर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पांच कर्मियों के संक्रमित पाये जाने के बाद विश्वविद्यालय के कार्यालय को पच्चीस अप्रैल तक बंद कर दिया गया है नालंदा के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह कोविड संक्रमित हो गये हैं महामारी के पुष्टि होने के बाद वे पृथकवास में हैं इससे पहले जिले के सिविल सर्जन भी इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं इधर कोरोना संक्रमण के कारण आज एक शिक्षक सहित दो लोगों की मृत्यु हो गयी जिले में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर चार सौ चौवन हो गयी है बेगूसराय जिले में आज दो सौ अस्सी लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है शेखपुरा जिले में प्रशासन ने कोविड रोगियों के इलाज के लिए एक हजार बेड की व्यवस्था करने का निर्णय किया है फिलहाल जिला मुख्यालय में जखराज स्थान में सौ बैड का कोविड केयर्स सेंटर कार्यरत हैं समस्तीपुर जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक सौ सोलह माईक्रोकंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं दरभंगा में कोविड संक्रमण के चलते आज एक ही परिवार के दो सदस्यों सहित चार लोगों की मृत्यु हो गयी इधर जिला प्रशासन ने कोविड रोकथाम के लिए पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों की सभी छ्टिटयों को रदद कर दिया है जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आज एक समीक्षा बैठक की श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाए रख्ना महत्वपूर्ण है उन्होंने कोविड संक्रमण में वृद्धि वाले राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और भविष्य में ऑक्सीजन की मांग की भी विस्तृत समीक्षा की इन राज्यों में जिला स्तर की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई प्रधानमंत्री को बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार इस बारे में लगातार सम्पर्क में हैं केन्द्र सरकार ने लोगों द्वारा घबराहट में जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर कालाबाजारी तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर प्रभावी निगरानी और करवाई करने के लिए खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति सटीक मापतौल खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल गठित करने को कहा है रेलवे ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी रेलगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा और किसी को भी अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि रेलवे ने हाल में किसी भी रेल सेवा को बंद नहीं किया है बल्कि त्यौहारों पर यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए एक सौ चालीस से अधिक नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के नौ रेल कर्मियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को आज से अठारह अप्रैल तक पूर्णतः बंद कर दिया गया है वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मंडल में कार्यरत सभी रेल कर्मियों को घर से काम करने का आदेश निर्गत किया गया है स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेट अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इससे कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल पायेगी गौरतलब है कि कल स्वास्थ्य विभाग ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच को कोविड का नोडल अस्पताल घोषित किया था विभाग के फैसले के बाद अब पीएमसीएच पटना जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में विशेष तौर पर कोविड संक्रमितों का इलाज हो सकेगा इधर मरीजों को ऑक्सीजन की हो रही किल्लत के मद्देनजर पीएमसीएच और एनएमसीएच में अस्पताल परिसर में लगे संत्रंय के माध्यम से ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों द्वारा कोविड दिशा निर्देशों का ठीक से पालन न करने के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक इतनी वृद्धि हुई है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया

समय जब वैक्सीनेशन साथ साथ चल रहा है हमको कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर यानी मास्क साबुन से हाथ धोना है और दो गज की दूरी और जो बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉयड करना है मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकोशन्स को नहीं छोड़ना है

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेन्द्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड उन्नीस पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए

सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं प्रदेश में मौसम के रूख में बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई इलाकों में पूर्वा हवा के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी वहीं अनेक स्थानों पर तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने कहा कि निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान मध्य बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है

केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का आज कोविड संक्रमण के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया वे अड़सठ वर्ष के थे वे मूल रूप से बिहार के निवासी थे वे सीबीआई निदेशक के अलावा केन्द्रीय अर्द्दसैनिक बल आरपीएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक भी रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर ग़हरी शोक संवेदना व्यक्त की है

अनुष्ठान के पहले दिन व्रतियों ने स्नान करने के बाद अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की श्रूआत की कल खरना की पूजा होगी जबकि रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा वहीं सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर पारन कके साथ छत्तीस घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जायेगा प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष राज्य सरकार ने व्रतियों से घाटों और तालाबों के बजाय घरों में ही अर्घ्य अर्पित करने की अपील की है

इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हआ